उन्होंने कहा कि यह तेज विकास गतिविधियों को बढ़ावा देगा श्री खामड़ ने कहा कि राज्य में भूमि अधिग्रहण के लिए वर्तमान में कोई निश्चित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता जिसके चलते कई बार उपायुक्त इस प्रक्रिया को अंतिम रुप देते है जिसके परिणाम स्वरुप भूमि की क्षेती पूर्ति दर जिलों में अलग अलग दरो पर होता है श्री खांडू ने यह भी कहा कि राज्य में सड़क और राजमार्ग के कामों मे तेजी लाने की जरुरत है क्योंकि धीमि प्रगति राज्य की आर्थिक वृद्धि में बाधा बन रही है उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश की विभिन्न जातियों की समुद्ध सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन और संरक्षण का समर्थन करेगी श्री मैन ने कल चांगलांग जिले के दियूम में महाबोधि स्कूल के सत्रवें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए स्क्रलों और मंदिरों में स्थानीय बालिकाओं को बढ़ावा देने और लिपियों भाषाओं संस्कृति और पंरपराओं को संरक्षित करने में मदद के लिए भिक्षु संघ से समर्थन मांगा उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र चलाने के लिए महाबोधि सोसायटी रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मिशन और क्रिसचेयन मिशनरियों के योगदान की सराहना की ईस्ट सियांग जिले के बाकिन पर्टिन जनरल अस्पताल और प्रशिक्षण केंद्र पासीघाट में पूर्वी अरुणाचल के चिकित्सा अधिकारियों के लिए कांप्रिहेंसिंव अबार्सन केयर पर आज से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु हुआ बारह दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनरल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर रैना और ईस्ट सियांग जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कालिंग दाई ने पूर्वी अरुणाचल के सभी जिलों से आएं चिकित्सा अधिकारियों को इस विषय पर विस्तृत जानकारी दी

यह कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में इस महीने की बीस तारीख को आयोजित किया जाएगा इस कार्यक्रम में देशभर से दो हजार विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक भाग लेंगे प्रधानमंत्री मोदी प्रश्नों का जवाब देंगे और चुनिंदा छात्रों से परीक्षा में तनावमुक्त रहने के लिए छात्रों से बातचीत करेंगे राज्य मे बैंडमिंटन की प्रतिभाओं को निखारने और इस खेल को और व्यवस्थित ढंग से प्रदेशभर में लोकप्रिय बनाने के लिए ईटानगर में अरुणाचल बैडमिंटन एकेडमी की शुरुआत की गई है पिछले दिनों शुरु की गई इस एकेडमी के सदस्यों को संबोधित करते हुए बैडमिंटन एसोसियेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोच संजय मिश्रा ने कहा कि राज्य में बैडमिंटन की बहुत सी प्रतिभाए मौजूद है बस उन्हें सही प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की जरुरत है उन्होंने लोगों से विशेषकर अभिभावको से अपील की कि वे एकेडमी की ओर से उपलब्ध कराए जा रही सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं अरुणाचल राज्य बैडमिंटन एसोसियेशन के सचिव बामंग तागों ने आशा प्रकट की कि एकेडमी बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी देश के विभिन्न हिस्सों में मकर संक्रांति का पर्व आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने पर यह त्योहार मनाया जाता है यह त्योहार अच्छी फसल खुशहाली और सौभाग्य प्रदान करने के लिए प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है ग्रजरात में भी पतंगो का त्योहार मकर संक्रांति मनाया जा रहा है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि जवाहार लाल बेहरु विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्रों को निरंतर आंदोलन जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है उनकी फीस वृद्धि जैसे मुख्य मामले सुलझा लिए गए हैं कई बार की बातचीत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने बयान जारी कर कहा है कि छात्रों के सेवा और उपयोग शुल्क देने को नहीं कहा जा रहा है यह छात्रों की मुख्य मांग थी शीतकालीन सेमेस्टर के लिए पांच हजार से अधिक छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है मंत्रालय ने विश्वविद्यालय में बातचीत के माध्यम से शैक्षणिक माहौल बहाल करने और विवादास्पद मुद्दों पर प्रशासन को सलाह देने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है